इसके चलते अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी हंगामें के चलते सदन में आज तीसरे दिन भी प्रश्नकाल नहीं हो सका पूर्व विधायक ने कल भोपाल में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी सत्तापक्ष की ओर से विधायक आरिफ मसूद सहित अन्य विधायको ने सदन में यह मामला उठाया उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है इसलिये उन्हें गिरफ्तार किया जाये अपनी इस मांग को लेकर कई सत्तारूढ़ दल के विधायक अध्यक्ष के निकट पहुंच गये

दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले को लेकर भाजपा नेता सुरेन्द्रनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया है

कर्नाटक कर्नाटक में एचडी कुमार स्वामी सरकार के भविष्य का फैसला अब से कुछ देर में होने की संभावना है

उन्होंने कहा कि ना तो सरकार बचाने के लिये मैंने कोई प्रयास किये और ना ही करूंगा इसलिये विपक्ष को सरकार गिराने और नई सरकार को बनाने के लिये इतना उतावलापन नहीं दिखाना चहिये

इस विधेयक में केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के लिये कानून बनाने का अधिकार दिया गया है विपक्ष ने विधेयक का यह कहकर विरोध किया कि इससे सूचना आयोग की स्वायत्ता और उसके अधिकार सीमित हो जायेंगे वहीं सरकार ने कहा कि मूल कानून बनाते समय इसके लिये कानून नहीं बनाया गया था इसलिये सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा इस विधेयक को पेश करने के लिये मतदान भी हुआ

पीएम सुझाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिये लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से नमो ऐप में विशेष रूप से बनाये गये ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है

आयोग नोटिस निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नोटिस भेजकर पूछा है कि लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन को देखते हये क्यों ना उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया जाये आयोग ने इन पार्टियों से पांच अगस्त तक नोटिस का जवाब मांगा है

ग्वालियर एवं चंबल संभाग में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हई है अगले चौबीस घंटों के दौरान श्योप्र मुरैना भिंड रीवा सीधी सिंगरौली अनूपपुर डिंडोरी शहडोल उमरिया बालाघाट मंडला और जबलपुर जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है

इसके लिये समय सीमा तय कर दी है

जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम को व्यापक रूप दिया गया है नमस्कार